प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए हुए मतदान में लगभग छियासठ प्रतिशत वोट पड़े देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना अमित शाह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार हमेशा से राज्यों के साथ रही है और आगे भी विकास के मुद्दे पर राज्यों के साथ खड़ी रहेगी आज रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बाईसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार केन्द्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो विभिन्न मसले हैं उनका संविधान की भावना के अनुरूप हल निकालने की कोशिश कर रही है इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए बैठक के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई साथ ही इन चारों राज्यों के आपसी मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया इस अवसर पर सुरक्षा कानून और व्यवस्था उद्योग तथा बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बैठक में परिषद का पुनर्गठन करने की मांग उठाते हुए राज्य की सीमा से लगने वाले सात राज्यों की काउंसिल में ही छत्तीसगढ़ को रखने की मांग की ताकि माओवाद सहित अन्य सीमा संबंधी मामलों पर चर्चा हो सके छत्तीसगढ़ की ओर से झीरम कांड की केस डायरी एनआईए द्वारा प्रदेश को दिए जाने की मांग भी की गई साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी केन्द्र से मांगी अमित शाह भाजपा आज अपने एकदिवसीय रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय भी गए और पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसी चुनाव की जय पराजय भाजपा का भाग्य तय नहीं करती बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही भाजपा का भाग्य तय करता है केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान माओवादी मसले को कारगर ढंग से नियंत्रित किया गया था उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सरकार ने समाज के हर वर्ग के हित में काम किया था प्रधानमंत्री सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुधारात्मक उपायों पर लगातार काम कर रही है गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है आने वाले पांच वर्षो में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रूपये खर्च किये जाने हैं इतना ही नहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरूआत तथा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के माध्यम से मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया गया है इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में करिअप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी के कैंडटों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा भारत आतंकवाद का मुकाबला करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले गए अब तक मिले प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से लगभग छियासठ प्रतिशत मतदान हुआ है सबसे अधिक दुर्ग जिले में अटहत्तर प्रतिशत से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है वहीं सबसे कम करीब तैंतालीस फीसदी वोट कोंडागांव जिले में पड़े हैं मतदान खत्म होने के कुछ देर बाद मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी गई देर रात तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित होने की संभावना है इसके साथ ही चुनाव लड़ रहे एक लाख सोलह हजार सात सौ छिहत्तर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा आज पहले चरण के चुनाव में बयालीस हजार चार सौ चार पदों के लिए वोट डाले गए इनमें वार्ड पंच के छत्तीस हजार चार सौ तिहत्तर सरपंच के चार हजार छह सौ बीस जनपद सदस्य के एक हजार एक सौ चवालीस और जिला पंचायत सदस्य के एक सौ सड़सठ पद शामिल हैं गौरतलब है कि पहले चरण के चुनाव में उनतीस हजार नौ सौ उन्नीस पदों पर पंचायत प्रतिनिधियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए इकतीस जनवरी को और तीसरे चरण के लिए तीन फरवरी को मतदान होगा कोरोना वायरस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के वुहान में फैले जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के वैश्विक खतरे का स्तर मध्यम से बढ़ाकर उच्च कर दिया है हालांकि भारत में अभी तक इस वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है इसके बावजूद सतर्कता बरतने के लिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जनहित में एडवायजरी जारी की है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस विषाणुओं का समूह है सामान्य तौर पर यह बीमारी जानवरों में होती है लेकिन यह वायरस कभी कभी मनुष्यों में भी संक्रमण करता है कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में सर्दी खांसी आना तथा बुखार होना आदि है इसके अलावा सिर में दर्द होना और गले में खराश आना है यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छीकने से हवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है साथ ही संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से जैसे संक्रमित व्यक्ति को छूने या हाथ मिलाने से भी होता है माओवादी आरक्षक हत्या बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक पूर्व आरक्षक की हत्या कर दी है बताया जाता है कि कल देर शाम बलदेव ताती नाम के इस पूर्व आरक्षक को माओवादियों ने कड़ेनार थाना क्षेत्र स्थित उसके घर से अगवा कर लिया था इसके बाद उसकी हत्या कर शव को कड़ेनार गांव के पास फेंक दिया यह शव आज सड़क किनारे से बरामद किया गया इस बीच दंतेवाड़ा जिले के बचेली में आज लोको पायलट की सूझबूझ से माओवादियों द्वारा ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश नाकाम हो गई माओवादियों ने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए भांसी और कामलूर खंभा के पास पटरी में जगह जगह पेड़ और लोहे की सामग्री डाल रखी थी लेकिन लोको पायलट ने समझदारी से काम लिया और समय रहते ही ट्रेन को रोक लिया स्कूल संविधान प्रस्तावना छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए वीडियो क्लिपिंग और संक्षिप्त ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराई गई है इससे स्कूली बच्चे उत्साह के साथ जानकारियां ले रहे है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी शासकीय स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन और बच्चों द्वारा परिचर्चा का आयोजन शुरू कर दिया गया है संविधान के बारे में शिक्षकों को अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध कराया गया ताकि वे संविधान से संबंधित पहलुओं से अवगत हो सकें और बच्चों को जरूरी जानकारियां दे सकें दुर्घटना रायपुर पाटन मार्ग में मोतीपुर और जामगांव के बीच आज दोपहर हुए सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया बताया जाता है कि कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने से भिडंत होने से यह दुर्घटना हुई वहीं जांजगीर चांपा में एक मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति बैल से जा टकराया चांपा के कोटाडबरी के पास हुई इस दुर्घटना में महिला की मौत हो गई जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सातवीं कड़ी का प्रसारण आगामी नौ फरवरी को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह दस बजकर तीस मिनट से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवा कॅरिअर के आयाम विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर उनतीस जनवरी तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं